लोगों ने कार्यक्रम की सराहना की

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए साहसिक खेलों का आयोजन भी किया गया स्लग मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि अपेक्षा की बजाय स्वीकार करने और खारिज करने की बजाय चर्चा करने से संवाद अधिक प्रभावी हो सकता है

प्रधानमंत्री ने रेडियो को संचार का सबसे प्रभावशाली माध्यम बताते हुए कहा कि पहुंच और व्यापकता के लिहाज से कोई भी माध्यम रेडियो की बराबरी नहीं कर सकता श्री मोदी ने कहा कि आकाशवाणी के एक सर्वेक्षण के अनुसार मन की बात कार्यक्रम से समाज में सकारात्मकता को प्रोत्साहन मिला है उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से समाज में जन आंदोलनों को बढ़ावा मिला है श्री मोदी ने कहा कि मन की बात में स्वच्छता सड़क सुरक्षा और मादक पदार्थ मुक्त भारत सेल्फी विद डॉटर जैसे विषयों को मीडिया ने नये तरीके से एक अभियान का रूप देकर आगे बढ़ाने का काम किया है प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि मन की बात के माध्यम से रेडियो और अधिक लोकप्रिय हो रहा है श्री मोदी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम शुरू करते समय ही उन्होंने निश्चय किया था कि इस कार्यक्रम में राजनीति की नहीं सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम की सबसे बड़ी बात यह है कि हर कोई इस कार्यक्रम के माध्यम से किसी प्रधानमंत्री से नहीं बल्कि अपने किसी निकट साथी से सवाल पूछता महसूस करता है और यही सच्चा लोकतंत्र है

इनमें उत्तराखंड के रामनगर को भी शामिल किया गया यहां ऑडिटोरियम हाँल में आयोजित विशेष कार्यक्रम में हजारों लोगों ने मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार सुने मन की बात सुनने के लिए एकत्रित हुए

कैंप में एनडीए और आईएमए की तैयारी कर रहे छात्रों का स्वास्थ्य परिक्षण किया गया मेडिकल कैंप में आए सभी डॉक्टर सैनिक स्कूल के पूर्व छात्र ही थे

प्रधानमंत्री ने आज कहा कि रेडियो जन जन से जुड़ा हुआ है ग्रामीण क्षेत्रों तक इसकी व्यापक पहुंच है उन्होंने कहा कि ये हम सब का सामूहिक दायित्व है कि देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए जन सामान्य की प्रतिभाओं को उचित स्थान मिले कार्यक्रम को सुनने के बाद बागेश्वर के पंकज पांडे का कहना है कि मन की बात कार्यक्रम के जरिये प्रधानमंत्री देश के हर नागरिक से संवाद करते हैं

बागेश्वर के मोहम्मद हसीब कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में बागेश्वर के मुनार क्षेत्र में मंड्ए से बनते बिस्कूटों का जिक्र किया था और महिलाओं की मेहनत की तारीफ की थी

ऊखीमठ पहुंचने पर भगवान मद महेश्वर की डोली का स्थानीय लोगों ने भव्य स्वागत किया इस मौके पर मौजूद श्रद्वालुओं ने भगवान के दर्शन कर पूजा अर्चना की अब शीतकाल के छह महीने के लिये भगवान मद महेश्वर की पूजा ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में होगी केदारनाथ में भगवान शिव के पृष्ठ भाग की पूजा होती है द्वितीय केदार मद महेश्वर में भगवान शिव के मध्य भाग की पूजा होती है तृतीय केदार तुंगनाथ में भगवान की भुजाओ की पूजा की जाती है चतुर्थ केदार रूद्रनाथ में दक्षिण मुखी रूप की पूजा होती है और पंचम केदार कल्पेश्वर में भगवान शिव की जटाओं की पूजा होती है इस तरह भगवान शिव के विभिन्न भागों की पूजा पंच केदार में की जाती है

गौचर मेला यहां के ऐतिहासिक व्यापार मेले के रूप में प्रसिद्ध है मेले में उत्तराखण्ड लोक संस्कृति के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं चमोली की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया के प्रयासों से इस बार मेले में साहसिक खेलों का भी आयोजन किया गया है ताकि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके विदेशी सैलानी यहां हॉट एयर सफारी और पैरासेलिंग जैसे ऐरो स्पोर्ट्स का लुत्फ उठा रहे हैं सात दिनों तक चलने वाले गौचर मेले में हर आयु वर्ग के लोगों के लिए कुछ न कुछ नया देखने को मिल रहा है सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दर्शक भरपूर आनंद ले रहे हैं मेले में उमडी भीड़ देख कर व्यापारियों के चेहरे खिल हए हैं